शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और श्रद्वालुओं ने शिवलिंग पर दूध जल और बेल पत्र चढ़ाकर भगवान शिव की प्रजा अर्चना की मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है उधर मंडी में आज जिला प्रशासन ने शिवरात्रि पर्व पर छोटी जलेब का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में देवी देवताओं ने भाग लिया उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने भूतनाथ मंदिर जाकर बाबा भूतनाथ को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया इस अवसर पर भूतनाथ मंदिर में हवन यज्ञ भी किया गया उधर ऊना के बनौड़े महादेव मंदिर में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पूजा अर्चना की सोलन में एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोली में बड़ी संख्या में भक्त नतमस्तक हुए ये मंदिर वर्षो से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है और शिवरात्रि के पर्व पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है हमीरपुर स्थित शिव मंदिर में भी शिवरात्रि पर्व की धूम रही और यहां कल भंडारे का आयोजन किया जाएगा मंदिर में सुबह से ही भजन कीर्तन कार्यक्रम चल रहा है मंडी शिवरात्रि इस बीच मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव कल से शुरू हो रहा है महोत्सव के पहले दिन कल राज माधोराय की अगुवाई में जलेब निकाली जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिरकत करेंगे

ज़िला प्रशासन ने शिवरात्रि महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं सात दिन तक चलने वाले शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में कई जाने माने कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन यानी ग्राम शहरीकरण अभियान के आज चार वर्ष पूरे हो गए हैं

इसका उद्देश्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ऐसे ग्राम समूहों को विकसित करना है जिनसे समूचे क्षेत्र में चंहुमुखी विकास का रास्ता खुलेगा उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि इस मिशन का शुभारम्भ देश के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने के लिए किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन के तहत करीब तीन सौ ग्रामीण क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं जिनमें आत्मा गांव की होगी और सुविधाएं शहर की होंगी महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने जल शक्ति मिशन के तहत हर घर को नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है और पहले चरण का काम अगले महीने तक पूरा कर लिया जाएगा

महेंद्र सिंह ने इस मौके पर जनसुनवाई भी की और अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया

इस मामले में चर्चा के बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया और अब ये परीक्षा दोबारा ली जाएगी बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार हिमाचल को उदार वित्तीय मदद दे रही है

उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को बहुत कम वित्तीय मदद मिलती रही है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हिमाचल को उदार वित्तीय सहायता दे रही है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई ऊपरी क्षेत्रों में बीती रात हल्का हिमपात हुआ इस बर्फबारी से शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में आज सुबह सड़क यातायात बाधित रहा जिसे बाद में बहाल कर दिया गया राज्य के अन्य इलाकों में व्यापक रूप से वर्षा हुई है

मौसम विभाग ने अगले दो दिन राज्य के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्के हिमपात या वर्षा की संभावना जताई है जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा मात्र भाषा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शिमला स्थित क्षेत्रीय केंद्र में आज मातू भाषा दिवस मनाया गया इस अवसर पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसमें प्रोफेसर दिनेश सिंह कंवर ने हिमाचल में मात भाषा पर व्याख्यान दिया उन्होंने कहा कि प्रदेश की क्षेत्रीय बोलियों और प्राचीन भाषाओं के संरक्षण के लिए सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करने की जरूरत है